प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की सम्प्रभुत्ता और अखंडता की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है इस अवसर पर वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश नई नीति और नई रीति के साथ आगे बढ़ रहा है बाइट साथियों नया हिन्दुस्तान नया भारत आज नई नीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपके शौर्य अनुशासन और समर्पण का है श्री मोदी ने कहा कि यह स्मारक देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के नव निर्माण और उसके स्वाभिमान के लिये प्रेरणा देता रहेगा बाइट माँ भारती के लिये बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित किया जाने वाला हैं इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिये प्रेरित करती रहेंगी इस स्मारक में अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र के नाम से चार वृत्त बनाये गये हैं स्मारक परिसर में परमवीर चक्र के इक्कोस विजेताओं की प्रतिमा परम योद्वा स्थल पर लगाई गई हैं सरकार ने इस स्मारक को दो हजार पन्द्रह में मंजूरी दी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों से नई तकनीक की मदद से आगे बढ़ने का आहवान किया है श्री कोविंद ने आज कानपुर के डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि मौजूदा दौर विज्ञान और तकनीकी का युग है छात्रों को अपने निजी और व्यवसायिक जीवन में समायोजन के साथ नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए

आप लोगों को नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है ऐसी स्थिति में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए प्रगति करनी है आगे बढ़ना है

उन्होंने कहा कि भारत ने तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नाम कमाया है बाद में श्री कोविंद ने बीएनएसडी इंटर कॉलेज में आयोजित पूर्व छात्र समागम और शिक्षा निकेतन के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ जीविकापार्जन के लिये अवसर तलाश करना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनना होना चाहिय श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिये और जानकारी हमारे संवाददाता से डीएवी कॉलेज मैदान में मोजूद लोगों की आंखे उस समय नम हो गई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को अपनी श्रद्वाजंलि अर्पित की

इससे पहले राष्ट्रपति श्री कोविंद के यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया गौरतलब है कि राष्ट्रपति इस संस्थान के छात्र रह चुके है जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी श्री कोविंद ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार कानपुर श्री कोविंद ने कानपुर के रूमा इलाक के दयोरी घाट पर श्रीबालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की

बाद में उन्होंने धम्म कल्याण केन्द्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना ध्यान केन्द्र के पुरूष निवास भवन का लोकार्पण किया केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र और राज्य सरकारे सबका साथ सबका विकास की संकल्पना पर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों के लिये अनेक काम किये हैं तथा इस तबक़े के कल्याण क लिये अन्य कदम उठाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसे और प्रभावी बनाया है इससे पिछड़े वर्ग के विकास और न्याय का रास्ता अधिक प्रशस्त हो गया है सम्मेलन में प्रदेश को विधि मंत्री बृजेश पाठक चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन राज्यसभा सदस्य अशोक बाजपेई सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के वन क्षेत्रों में अवैध कब्जों के बारे में दिये गये आदेश के क्रम में शीर्ष न्यायालय म पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि वनों में रह रहे ऐसे लोग जो खद को वन निवासी सिद्ध करने में विफल रहे हैं उन्हें वन क्षेत्रों से बेदखल किया जाये न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वह इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट चौबीस जुलाई को दाखिल करें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

आगामी लोकसभ चुनाव के लिये उत्तर प्रदेश में सीटों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनाव गठबंधन को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी विस्तार देने का फैसला किया है आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती द्वारा संयुक्त रूप से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि उत्तराखंड में पौड़ी संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी जबकि राज्य की बाको सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इसी तरह मध्य प्रदेश की बालाघाट टीकमगढ़ और खजुराहो संसदीय क्षेत्रों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशो चुनाव लड़ेंगे तथा प्रदेश की बाक़ी सीटों पर बसपा के उम्मीदवार अपना राजनैतिक भाग्य आजमायेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश क विभिन्न जिलों में लघु और सीमांत किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में दो दो हजार रूपये पहुंच गये हैं

उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में अब तक लगभग दो लाख से ज़्यादा किसानों का ब्यौरा फीड कराया जा चुका है और जल्द ही इन किसानों के बैंक खातों में रकम पहुंच जायेगी उधर अयोध्या ज़िले में स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने आज किसानों को पीएम किसान योजना के तहत उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे और पहले ही दिन इकसठ हजार किसानों को इसका लाभ हासिल हुआ है और उनके खातों में लगभग बारह करोड़ रूपये अंतरित किये गये ज़िले में इस योजना के लिये लगभग तीन लाख किसानों को चिन्हित किया गया है लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर फिल्म समारोह में भारतोय फिल्म पीरिएड इन्ड ऑफ सेन्टेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सबजेक्ट श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है इस लघु वृत्त चित्र की निर्माता गुनीत मोंगा है यह फिल्म महिलाओं के मासिक धर्म के कारण उन्हें समाज से अलग रखने के बारे में है गौरतलब है कि इस पूरी फिल्म का फिल्मांकन प्रदेश के हापड़ जिले के काठीखेड़ा गांव में किया गया है काठीखेड़ा गांव की रहने वाली स्नेहा और सुमन ने फिल्म में अभिनय भी किया है फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिलने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी का माहौल है